आज नई दिल्ली में भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट दो हजार उन्नीस जारी करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दो हजार सत्रह में आकलन की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक बयालीस करोड़ साठ लाख टन बढ़ गया उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से भरोसा होता है कि भारत पैरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि देश में मैनग्रोव क्षेत्र चौवन वर्ग किलोमीटर बढ़ गया यह पिछले आकलन की तुलना में एक दशमलव एक प्रतिशत अधिक है श्री जावड़ेकर ने कहा कि वर्तमान आकलन से प्रवोत्तर भारत में वनों का दायरा सात सौ पैसठ वर्ग किलोमीटर घटने का पता चला है यह पिछले आकलन की तुलना में शून्य दशमलव चार पांच प्रतिशत कम है असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन क्षेत्र घटा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग सहित रुमगोंग विधायक तालेम ताबोह मारियांग गेक़ विधायक कांगोंग ताक़ु और अन्य ने हालहीं में लुयोर पदयात्रा विषय के साथ सियांग और अपर सियांग जिले के द्रस्थ गांवों में चार दिनों का पैदल मार्च किया गत बाईस दिसंबर को मोलो गांव से शुरु की गई चार दिवसीय ट्रेक पच्चीस दिसंबर को अपर सियांग जिले के मिगिंग गांव में जाकर संपन्न हुआ इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य असंबद्ध गांव के लोगों द्वारा सामना कर रहे समस्याओं का पहले पहल ज्ञान प्राप्त करना और साथ ही प्रसिद्ध लुयोर पर्वत के माध्यम से सदियों पुराने पोर्टर ट्रेक को फिर से स्थापित करना था जो रुमगोंग विधान सभा क्षेत्र के अंदर पायुम अंचल को और तुतिंग यिंगकियोंग के अंदर मिगिंग अंचल को जोड़ता है तवांग जिला प्रशासन ने आज लोउ अंचल के अंदर जांगदा गांव में सरकार आपके द्वार का दसवां राउण्ड सह जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया शिविर का उदघाटन तवांग के अतिरिक्त जिला उपायुक्त लोबसंग सेरिंग द्वारा किया गया अपने संबोधित में ए डी सी ने ग्रामीणों को सरकार आपके द्वार के लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में बताते हुए शिविर से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने को कहा उन्होंने ग्रामिणो से अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष रुप से ध्यान देने का आग्रह किया श्री सेरिंग ने शिविर में भाग ले रहे विभागों और अधिकारियों को गांव वालों को पूरी सेवा मूहैय्या कराने और ग्रामीणों की किसी भी शिकायतों का तत्काल समाधान निकालने को कहा उद्घाटन के दौरान तवांग ए डी सी सहित जांग के ए डी सी और तवांग इ ए सी ने राजकीय अपर प्राइमेरी स्कूल जंगदा के टॉपरस को सम्मानित किया और गांव ब्रढ़ा के जरिए ग्रामीणों को सब्जियों के बीच वितरित किए बाद में उन्होंने सभी विभागीय स्टॉल का दौरा किया और जंगदा तथा पड़ोसी गांव रोह के स्कूलों का निरीक्षण भी किया इस शिविर में बयालीस सरकारी विभाग सहित एस बी आई और एपेक्स बैंक लिमिटेड ने लोगों को अपनी सेवा प्रदान की जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास के उपलक्ष्य में ईस्ट सियांग जिला के ओयान आधारित दोन्यी पोलो टी एस्टेट ने गत शनिवार को सियांग जिले के पांगिंग में सर्दियों के मौसम में चाय की खेती पर कार्याशाला का आयोजन किया कार्याशाला में सियांग चाय उद्योग लिमिटेड द्वारा अरुणाचल असम सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों सहित सियांग क्षेत्र के छोटे चाय उत्पादको के कौशल को और बेहतर करने के लिए सुविधा प्रदान की गई थी कालिंग मोयोंग और किन्ंग तामुत ने चाय किसानों को सर्दियों के मौसम में चाय बागानों में छंटाई और जल प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया

उद्घाटन मैच कांकु माध्यमिक स्कूल ए और सोगुम मिमांग स्कूल के बीच खेला गया था जिसमें कांकु माध्यमिक स्कूल ए ने तीन एक से जीत दर्ज की

अपने संबोधन में ए पी एफ ए के सचिव किपा अजय ने प्रतिभागियों से अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए मैदान के भीतर और बाहर अनुशासन को बनाये रखने का आग्रह किया भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरु हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की लेई टिंगजी को दाईब्रेकर में हराकर खिताब जीत लिया है रुस के मास्को में बारहवीं दौर के बाद हम्पी और टिंगजी के नौ नौ अंक थे इसलिए आर्मेगेडोन गेम से विजेता का फैसला हुआ टिंगजी को रजत जबकि तुर्की की एकेटरिना अटालिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा इसके साथ ही हम्पी मौजूदा प्रारुप में रैपिड खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने दो हजार सत्रह में ओपेन वर्ग में यह खिताब जीता था